प्रशिक्षण के दौरान आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान खर्च की जार्ने वाली व्यय पर निगरानी आवेदनों की संवीक्षा ईवीएम और वीवीपैट जैसे विषयों पर विशेषज्ञ विस्तार से प्रशिक्षण देंगे

इस बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित प्रदेशाध्यक्ष मनल लाल सैनी प्रदेश प्रभारी वी सतीश अविनाश राय खन्ना प्रदेश महामंत्री चन्द्र शेखर समेत प्रमुख पदाधिकारी मौजूद है बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है

उन्होंने श्रमिकों से कहा कि वे श्रमिक कल्याण के लिये चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठायें ग्रामीण विकास मंत्री कल चूरू जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद् सभाकक्ष में श्रम विभाग की ओर से आयोजित श्रमिक कल्याणार्थ सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे

चिकित्सा मंत्री कल सीफू में आयोजित कैंसर केयर कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे

यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ राज्य भर के किसानो को जैविक खेती के तरीके सिखाएंगे

इस केंद्र पर किसान ब्रवाई जुताई से लेकर जैविक खेती के सभी तोर तरीके सीखेंगे जैविक खेती को बढ़ावा देने और जैविक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में यह केंद्र किसानों के लिए मददगार सिद्ध होगा

वानिकी महाविद्यालय ने इस कि खेती के लिए एक निजी कम्पनी से एक अनुबंध किया है जरबेरा के पौधे की सजावट के क्षेत्र में अच्छी मांग है

शेष घायलों को दौसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है ब्रंदी जिले के तालेडा में खेती करते समय करंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई

उदयपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मेवाड में शांत पडा मानसून एक बार फिर सकिय होने लगा है उदयपुर संभाग के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षो की खबर है